वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी रैलियां

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना

वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक इन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा प्रत्याषी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने चुनाव प्रचार किया वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्ड के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने आम सभाओं में शिरकत की अन्य दलों के उम्मीद्वार और निर्दलीय प्रत्याषी भी घर घर जाकर संपर्क कर रहें हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पोहरी मुरैना और करैरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया इन सभाओं में उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को कोरोना की वैक्सीन निशल्क प्रदान की जायेगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने नेपानगर मांधाता हाटपिपल्या और ब्यावरा में सभाओं को संबोधित किया

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर अदालत का समय बर्बाद करने और तथ्यहीन मामला रखने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि दो महीने के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है

मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक ही राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को भूगतान किया है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए तल्ख ं टिप्पणी कर कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह जनहित याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है दशहरा अवकाश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी नवमीं और विजयादशमी की बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की हैं

यह पूर्व घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा

इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सर्कगा फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ई मेल कर दिये जाएंगे

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राजधानी भोपाल में रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है लेकिन आगामी हफ्ते में उत्तर से आने वाली हवाओं के बाद दिन और रात में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनने लगेगें

अगले चौबीस घंटों के दौरान बुरहानपुर खरगौर बड़वानीआलीराजपुर धार और उज्जैन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं

महाअष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा आराधना होगी साथ ही कन्याओं को भोजन कराया जायेगा कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और झॉकीस्थलों पर भी महागौरी की पूजा अर्चना होगी नौ दिनों तक व्रत उपवास रखने वाले कई श्रद्धाल कल कन्याभोज के बाद व्रत खोलेंगे वहीं कई श्रद्धाल् मान्यतान्सार नवमी तिथि को अपना व्रत खोलेगें

मुरैना में रसोई गैस में आग लगने से चार लोग झुलस गये

सतना में फिट हेल्थ वर्कर अभियान चल रहा है